विधेयक निचले सदन की कार्यसूची में शामिल है विधेयक का उद्देश्य चुनी हुई श्रेणियों में अवैध प्रवासियों को छूट देने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन करना है

यह संशोधन असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट के अधीन आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा इनर लाइन परमिट अरूणाचल प्रदेश नगालैण्ड और मिज़ोरम में लागू है कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का विरोध करेगी क्योंकि यह संविधान और देश की धर्मनिरपेक्ष सोच का उल्लंघन करता है इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी करके बुधवार तक लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा है तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को आज से चार दिन तक सदन में रहने के लिए व्हिप जारी किया है खेल प्रतियोगिताएं भोपाल के तात्या तोपे स्टेडियम में आज से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की अखिल भारतीय खेलकृद प्रतियोगिता शुरू हो रही है

इनमें से टीटी नगर स्टेडियम में एथलेटिक्स बैडमिंटन कबड्डी कराटे व्हाली बॉल बॉक्सिंग कृश्ती बॉस्केट बॉल ताईक्वांडो और टेबल टेनिस प्रतियोगिताएं होंगी

इसका निर्माण उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड और उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा किया गया है श्री गहलोत ने ऐतिहासिक स्वीमिंग पूल की सौगात मिलने पर उज्जैन वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि यह जिले के लिये बहत बड़ी सौगात है वही प्रभारी मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने कहा कि स्वीमिंग पूल के उद्घाटन से स्वीमिंग को बढ़ावा मिलेगा और तैराकी के क्षेत्र में भी खिलाड़ी सामने आयेंगे

पश्चिम मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह ट्रेन भोपाल मंडल के भोपाल और इटारसी स्टेशन पर हाल्ट लेकर गंतव्य के लिए रवाना होगी

इन खेल अकादमियों में प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को शासन के खर्च पर प्रशिक्षण और रहने की सुविधाएं निःशुल्क दी जायेगी ये घोषणा प्रदेष के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने इंदौर में रविवार को दो दिवसीय संभाग स्तरीय प्रान्तीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर की उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में खेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है प्रांतीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देष्य ग्रामीण अंचलों की खेल प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना है श्री पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है

इसमें महिला और पुरूष वर्ग में कबड्डी व्हालीबॉल एथलेटिक्स कृश्ती फूटबॉल खो खो बास्केटबॉल टेबल टेनिस हॉकी बैडमिंटन स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है आज प्रतियोगिता का अंतिम दिन है

राज्य सरकार ने इस वर्ष से समारोह को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का निर्णय लिया इस वर्ष तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगीत कला साधक और कलाकार शिरकत करेंगे समारोह में पंडित रविशंकर की जन्म शताब्दी पर आधारित चित्र प्रदर्शनी प्रणति आयोजित की जाएगी संगीत संवाद पर केन्द्रित वादी संवादी कार्यक्रम में विख्यात सितार वादक शुभेन्दु राव और ध्रुपद गायक उमाकान्त गुन्देचा के व्याख्यान प्रमुख आकर्षण रहेंगे किकेट वेस्टइंडीज ने कल रात तिरुअनंतपुरम में भारत को दूसरे टी ट्वेन्टी क्रिकेट मैच में आठ विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रुखंला में एक एक की बराबरी कर ली है

मौसम प्रदेश में आ रही उत्तरी सर्द हवाओं की वजह से शाम होते ही ठंड में इजाफा होने लगा है मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के मुताबिक पिछले दिनों के मुकाबले कल कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई लेकिन दिन में धूप रहने से एक आध डिग्री पारा चढ़ा भी है